बैठक में नई उद्योग नीति को मंजूरी मिलने के साथ कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं इसके अलावा विभागों में विभिन्न श्रेणियों के खाली पदों को भरने की भी मंजूरी मिल सकती है कालका शिमला हैरिटेज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज दोपहर बाद शिमला रेलवे स्टेशन पर कालका शिमला हैरिटेज सेक्शन पर विश्वस्तरीय सुविधाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे इस परियोजना का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देने यात्री आवागमन में सुविधा स्टेशन के सौंदर्य में वृद्धि और उर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है इस मौके शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिमला सांसद वीरेंद्र कश्यप भी मौजूद रहेंगे

जलेब में डेढ़ सौ अधिक देवी देवताओं ने भाग लिया मुंख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिवरात्रि महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर देवी देवताओं व बजंतरियों की नज़रारा राशि में दस फीसदी बढ़ोतरी की महोत्सव की कल पहली सांस्कृतिक संध्या बॉलीवुड पार्श्व गायक जुबीन नॉटियाल और हिमाचली लोक गायक इंद्रजीत के नाम रही

जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा को पर्यटन प्रधान सचिव प्रमोद सक्सेना को वन ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राकेश कंवर को पर्यटन विभाग के निदेशक और डॉक्टर राजकृष्ण प्रथी को हिप्पा के निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है उन्हें ये जिम्मेवारी अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और पर्यटन विभाग के निदेशक सीपी वर्मा के विदेश दौरे के दृष्टिगत दी गई है इसी तरह अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय गुप्ता के अवकाश पर जाने के कारण उनके विभागों की जिम्मेवारी आईएएस अधिकारी जेसी शर्मा और डॉक्टर पूर्णिमा चौहान को सौंपी गई है मौसम प्रदेश में पिछले कल से अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ रहने से लोगों ने ठंड से थोड़ी राहत महसूस की है राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दिन की शुरूआत खिली धूप के साथ हुई है हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम साफ बना रहेगा जबकि कल से मध्यम व उंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात की संभावना व्यक्त की है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मंडी के अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज़ बजंतरियों की नज़राजा राशि में दस फीसदी की बढ़ोतरी

दैनिक जागरण के शब्द हैं दस फीसद बढ़ेगा देवी देवताओं का नज़राना दैनिक भास्कर के मुताबिक देवराज माधोराव की जलेब के साथ पुहंचे सैंकड़ों देवता जबकि आपका फैसला के अनुसार शान से निकली माधोराव की जलेब अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आगाज़ हिमाचल में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योज़ना की शुरूआत शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है असंगठित क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को मिलेगी तीन हज़ार रूपए की मासिक पैंशन दैनिक भास्कर की एक खबर है फोरलेन प्रभावितों को दिया जा सकता है चार गुना मुआवजा हिमाचल में जल्द भरे जाएंगे पांच हज़ार शिक्षक शीर्षक से दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है प्रदेश वित्त विभाग ने नियमित शिक्षक भरने को दी हरी झंडी बोर्ड परीक्षाएं आज से शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है पहली बार कैमरे की निगरानी में अढ़ाई लाख छात्र देंगे परीक्षा

छात्रवृति घोटाले में कार्मिक मंत्रालय को भेजा रिमाइंडर हिमाचल दस्तक की एक खबर है

नमस्कार